राज्यभर में प्रवासी श्रमिकों को लाने ले जाने का काम सुचारू रूप से जारी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने सिर्फ उन्हीं श्रमिकों और अन्य लोगों को अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए अनुमति दी है जो लॉकडाउन के कारण फंसे हुस है

श्री गहलोत कल अपने निवास पर कोरोना संकमण को लेकर समीक्षा बैठक ले रहे थे उन्होंने कहा कि फंसे हुए श्रमिकों के अलावा दूसरे राज्यों में रह रहे अन्य लोग राजस्थान आने के लिए धैर्य रखें और अपने वर्तमान स्थान पर ही रहे मुख्यमंत्री ने विदेश से आने वाले राज्य के प्रवासियों के लिए आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने के निर्देश दिए उन्होंने अधिकारियों को विदेश मंत्रालय से प्रदेश में आने वाले लोगों की जिलावार सूची पहले ही प्राप्त कर लेने को कहा श्री गहलोत ने बताया कि पिछले दो सप्ताह में प्रदेश में संकमण की वृद्धि दर रिथर रही है जो एक अच्छा संकेत है

महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी राजस्थानियों को लेकर कल दो विशेष रेलगाडियां जयपुर पहुंची

स्टेशन पहुंचने के बाद इन सभी की स्क्रीनिंग की गई और बाद में रोडवेज की बसों द्वारा इन्हें इनके संबंधित जिलों के लिए रवाना कर दिया गया

जिला कलक्टर आनंदी बेन ने बताया कि मजदूरों को पहुंचाने के लिए रोजाना एक ट्रेन चलाई जायेगी

ये लोग ब्रम्हकुमारी संस्थान में होने वाले एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आये थे लेकिन लॉकडाउन लागू होने से यहां फंस गए सवाईमाधोपुर में भी ढाई हजार से ज्यादा लोगों ने अन्य प्रदेशों में जाने के लिए अपना पंजीकरण करवाया है वहीं दूसरे राज्यों से सवाईमाधोपुर आने के लिए आठ हजार से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके है राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि संशोधित लॉकडाउन में रेड और ऑरेन्ज जोन के म्यून्सिपल क्षेत्रों में स्थित ऐसे एकल उद्योग जिनमें श्रमिक और कार्मिक परिसर के अंदर ही रहते है और जहां प्रवेश नियंत्रण में है उन्हें खोला जा सकता है गृह विभाग ने कहा कि ऐसे उद्योगों को सुरक्षा की तय शर्तो की पालना करनी होगी सभी प्रकार के सामान और खनिज के परिवहन की अनुमति है राज्य के अंदर एक जिले में जो किसी भी जोन में हो सकता है वहां से दूसरे जिले में निर्माण कार्य या अनुमत श्रेणी के उद्योग के लिए कार्यस्थल पर ही ठहरने की शर्त के आधार पर एक बार श्रमिकों के परिवहन की अनुमति कुछ शर्तो के साथ दी गई है गृह विभाग ने एक बार फिर कहा कि आम नागरिको के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवागमन की छूट नहीं है आम नागरिक चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति में आ जा सकेंगे

रेड और ऑरेंन्ज जोन में अनुमत श्रेणी के व्यक्तिगत वाहनों के अलावा कंपनियों को अपने स्टाफ को घर से कार्यालय लाने ले जाने के लिए समर्पित वाहनों की अनुमति होगी इनमें कंपनी के निजी वाहन और अनुबंधित कैब शामिल होंगे

अंतर्राज्यीय यात्रा की अनुमति मात्र गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत उद्देश्यों के लिए केवल जिला कलक्टर और मजिस्ट्रेट द्वारा दी जायेगी

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संकमण की जांच प्रकिया तेज कर दी है और प्रतिदिन लगभग सात हजार नमूनों की जांच की जा रही है

इनमें से कुछ परीक्षण चरण तक भी पहुंच रहे हैं औषधि विकास में तीन चरणों पर काम हो रहा है जिसमें मौजूदा दवाओं का पूनःसंयोजन नईे औषधि और घटकों पर प्रयोगशाला परीक्षण और सामान्य वायरस रोधी गुणों की जांच के लिए पौध उत्पाद और तत्वों का परीक्षण शामिल है निदान और जांच के लिए कई अनुसांधान संस्थान और स्टार्टअप उद्यमों ने नये परीक्षण विकसित किये हैं

इसके अलावा दलहन की बुआई का क्षेत्र बढकर आठ लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है जबकि पिछले साल पांच लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी मंत्रालय ने कहा कि कोविड महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं